केन्द्र सरकार ने कहा देश में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि देश में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य के मुख्य सचिवों के सम्पर्क में है और इस संबंध में प्रतिदिन उनसे बातचीत हो रही है श्री गौड़ा ने कहा कि सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की जा रही है राज्य के शहरी निकायों में कल से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जायेगा इस संबंध में वन और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना पहले जारी कर दी थी नगर विकास और आवास विभाग तेईस दिसम्बर से प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा इसके लिए नगर निकायों में सिटी टार्स्क फोर्स का गठन कर लिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी आकार और मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण आयात भंडारण वितरण बिक्रय परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है कोसी नदी पर मध्बनी और सहरसा के बीच बनने वाले देश के सबसे लम्बे पूल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है केन्द्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने पुल निर्माण का टेंडर जारी कर दिया है भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले इस पुल के निर्माण में नौ सौ चौरासी करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है यह पुल दस दशमलव दो सात किलोमीटर लम्बा है इसके बनने से उमगांव महिषी बेनपट्टी और रहिका जैसे धार्मिक महत्व के स्थानों तक आवागमन सुलभ हो जायेगा गौरतलब है कि देश में अभी सबसे लम्बा पुल गुवहाटी में ब्रह्यपुत्र नदी पर बना है जिसकी लम्बाई नौ दशमलव दो आठ किलोमीटर है भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्रीय एजेंसियों को कम्प्यूटर में संरक्षित सामग्री की निगरानी के सरकार के आदेश को उचित ठहराया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में कहा कि यह आदेश संवैधानिक दायरे के तहत ही जारी किया गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में केन्द्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था और देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंधित मामलों की निगरानी के अधिकार दिए गए हैं श्री प्रसाद ने कहा कि निजता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा सरकार इसके लिए वचनबद्ध है विश्व बैंक ने बिहार की जीविका परियोजना को इनोवेटिव ऑफ द ईयर दो हजार अठारह अवार्ड से सम्मानित किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीविका मॉडल के आधार पर तीसरी दुनिया के देशों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जायेगा उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से पूरी दुनिया में चल रही एक सौ पच्चीस परियोजनाओं में से जीविका सहित नौ परियोजनाओं को इनोवेटिव ऑफ द ईयर दो हजार अठारह अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के एक हजार नौ सौ अड़तीस रिक्त पदों के लिए उप चुनाव अगले साल दस मार्च को होगा राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि उप चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच फरवरी दो हजार उन्नीस को कर दिया जायेगा नामांकन की अधिसूचना बारह फरवरी को जारी होगी मतदान दस मार्च को होगा और मतगणना बारह मार्च दो हजार उन्नीस को होगी राजधानी पटना समेत राज्यभर में तापमान में गिरावट जारी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिक ठंड पड़ रही है दिन का तापमान भी सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है सुबह में चल रही पछुआ और उत्तरी हवा के कारण कनकनी बढ़ी हुई है मौसम विभाग के अनुसार तेईस दिसम्बर को फिर से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय के तराई में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर प्रदेश पर भी पड़ने की सम्भावना है कल पटना का न्यनूतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा स्थान रहा उधर ठंड के कारण कोहरा और ध्रंध भी बढ़ रहा है इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है कोहरे के कारण रेलवे और हवाई यातायात बाधित हो रहा है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जायका बिहार और उत्तर प्रदेश के तिरपन जिलों में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिये एक हजार पांच सौ अड़सठ करोड़ अठाईस लाख रुपये देने पर सहमत हुआ है केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सहकारी समितियों की सुदृढ़ीकरण और दुग्ध प्रस्संकरण संयंत्रों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिये इस राशि का उपयोग किया जायेगा इस राशि का वितरण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक आरोपी दिलीप वर्मा को पांच दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है वर्मा बाल कल्याण समिति का पूर्व अध्यक्ष है और इसे जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए बयानों में यौन दुराचरण का आरोपी पाया गया है वर्मा ने बृहस्पतिवार को अदालत के सामने आत्म समर्पण कर दिया था पटना के एक व्यवसायी गूंजन खेमका की हत्या की जांच कर रही एसआईटी ने पटना पुलिस के सहयोग से तीन संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की है इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने वैशाली जिले के राघोपुर दियारा में छापेमारी भी की पुलिस सत्रों ने बताया कि एसआईटी ने सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फूटेज देखने के बाद हत्या में शामिल तीन संदिग्धों की पहचान की है मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड में अमैया पंचायत में एच फाईव एन वन वायरस के होने की पुष्टि के बाद प्रभावित गांवों के एक किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है पशुपालन निदेशालय के वरीय पदाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर ने कहा कि प्रभावित गांवों को वायरस मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं बेगूसराय समस्तीपुर खगड़िया नवादा मुजफ्फरपुर नालंदा और भोजपुर जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी तथा छब्बीस अन्य घायल हो गये सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के तमकुलहा पुल पर अपराधियों ने व्यवसायी से सत्तानवे हजार रूपये लूट लिये पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया नगर थाना पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने आधा किलो चरस और एक लोडेड देशी कट्टा बरामद किया है गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है गोपालगंज और सारण जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के बलथर थाना क्षेत्र के सड़किया गांव से पुलिस ने अपराधी लालधर यादव को गिरफ्तार कर लिया बेगूसराय जिले के मंझौल थाना क्षेत्र अन्तर्गत एमएस कॉलेज के पास पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किये हैं और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा है इसके साथ ही इससे जुड़े अन्य तथ्य भी प्रकाशित किये हैं हिन्दुस्तान ने इसका शीर्षक लगाया है विधायक राजबल्लभ को उम्रकैद की सजा इसी अखबार ने एनडीए में सीट बंटवारे की खबर का शीर्षक लगाया है लोजपा को छह लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक लगाया है राजग में सीट बंटवारे की आज होगी घोषणा इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने शराबबंदी के बाद से राज्य में आपराधिक घटनाओं में आयी कमी से जुड़ा एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है महिला हिंसा चौवन प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत पर आयी दैनिक भास्कर ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है कांग्रेस को झटका दो हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने कहा देश में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है